मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने युवा शक्ति को जमीनी स्तर पर कार्य करने की बताई जरूरत लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में गतिविधियां बढ़ीं भाजपा ने प्रचार अभियान किया तेज आबूधाबी में दिव्यांगजनों की अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मकालीन खेलकूद प्रतियोगिता में हिमाचल के आठ खिलाड़ियों ने जीते पदक मिशन शक्ति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत ने आज पृथ्वी की निचली कक्षा में एक उपग्रह को उपग्रहरोधी प्रक्षेपास्त्र के जरिए सफलतापूर्वक मार गिराया

एलईओ लो आर्बिट में यह लायू सैटेलाइट जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था उसे एंटी सैटेलाइट ए सैट मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है सिर्फ तीन मिनट में सफलता पूर्वक यह ऑपरेशन पूरा किया गया देश के नाम एक संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मिशन शक्ति एक बहुत कठिन अभियान था जिसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह क्षमता हासिल करने वाला भारत चौथी अंतरिक्ष शक्ति बन गया है

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने युवा शक्ति को जमीनी स्तर पर कार्य करने की जरूरत बताते हुए पार्टी की नीतियों व सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का आहवान किया है कांगड़ा जिले के नूरपूर में आज भाजपा यूवा मोर्चा नूरपुर मंडल के सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यूवा देश का भविष्य है और उनकी ऊर्जा व क्षमता का सकारात्मक दोहन राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाता है जयराम ठाक्र ने कहा कि भाजपा के प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस पार्टी घबरा रही है और यही कारण है कि अभी तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्शल नेतृत्व में देश ने विश्व मानचित्र पर अलग पहचान बनाई है और उन्हें दोबारा देश की कमान संभालने के लिए हिमाचल की चारों सीटों पर भाजपा को जीत दिलानी होगी इस मौके मुख्यमंत्री ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर के लिए लोगों से समर्थन मांगा

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार झूठे वायदे नहीं करती और विकास में विश्वास रखती है मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं का सम्मान सशक्तिकरण और उनका आर्थिक उत्थान सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है सम्मेलन में वरिष्ठ भाजपा नेता शांता कुमार विपिन परमार सरवीण चौधरी और कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी किशन कपूर सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्त्ता मौजूद रहे

प्रचार लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश में गतिविधियां बढ़ गई हैं भाजपा ने प्रचार अभियान को तेज कर दिया गया है भाजपा ने अपने चारों लोकसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं जबकि कांग्रेस अभी अपने उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है भाजपा के शिमला संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार सुरेश कश्यप ने प्रचार अभियान की शुरूआत कल रोहडू से की आज उन्होंने नावर और जुब्बल कोटखाई में महिला सम्मेलन में हिस्सा लेकर लोगों से सहयोग मांगा सुरेश कश्यप ने आरोप लगाया कि देश पर साठ साल तक शासन करने वाली कांग्रेस ने गांव और गरीब का कभी ख्याल नहीं किया बल्कि पूरा समय भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी रही उन्होंने महिलाओं व कार्यकर्त्ताओं से सरकार की योजनाओं और कांग्रेस के भ्रामक प्रचार से जनता को अवगत कराने का आग्रह किया इस मौके भाजपा के मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्त्ता मौजूद रहे

गोबिंद ठाक्र भाजपा नेता गोबिंद ठाकुर ने आज मनाली मंडल के शक्ति केन्द्रों पर भाजपा कार्यकर्ताओं से बैठक कर लोकसभा चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा को सत्ता में दोबारा आने से रोकने के लिए देश में कई गठबंधन बन रहे हैं गोबिंद ठाक्र ने कहा कि विपक्षी दलों को देश की नहीं बल्कि अपने अस्तित्व की चिंता है इस दौरान कार्यकर्ताओं ने देश में फिर से नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया

शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए ये फैसला गेम चेंजर साबित हो सकता है संजय चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तथ्यों पर अध्ययन कर फैंसला लेती है जबकि भाजपा सिर्फ भ्रमित बयानबाजी ही करती है